प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता दवाओं और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए तीन केबिनेट मंत्री आज जायेंगे दिल्ली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

विदेश मंत्रालय ने बताया कि आज तड़के महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री ब्रिटेन से भारत पहुंची विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इस संकटकाल में अंतराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग हो रहा है इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

अमेरीकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कहा कि उनका देश भारत के प्रयासों में सहयोग करने के लिए कृतसंकल्प है और वेंटिलेटर तथा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति में सहायता करेगा

इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढते कोरोना संकमण पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार केन्द्र के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार संपर्क में है जब तक कोविड प्रोटोकॉल की पालना सही तरीके से नहीं होगी संक्रमण की चौन नहीं ट्रट सकती है श्री गहलोत ने कहा कि जब तक आमजन जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइंस और कोरोना प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन नहीं करेंगे तब तक इस घातक संक्रमण पर काबू पाना संभव नहीं होगा

इसके चलते भारतीय वायु सेना का एक विशेष विमान कल जयपुर पहुंचा और यहां से ऑक्सीजन के दो खाली टेंकर लेकर गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ वहां से इन टेंकरों में ऑक्सीजन भरकर राजस्थान भेजी जाएगी

परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने इस संबंध में कल आदेश जारी किये इसके तहत पूरे प्रदेश में एंबुलेंस और शव वाहनों के किराये को एक समान कर दिया गया है

वहीं दूसरी ओर जयपुर और जोधपुर महानगरों में कोविड टीकाकरण के लिए बुज़र्गो को टीका केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए हेल्पेज इंडिया द्वारा निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है

साथ ही सोशल डिस्टेसिंग अपनाते हुए आवश्यक रूप से मास्क का उपयोग करें

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं